गर्भवती महिलाओं और माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए प्रदेश में आज से सुपोषित जननी विकसित धरनी अभियान शुरू हुआ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला तथा तहसील मुख्यालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएंगी

कांकेर से सांसद विक्रम उसेंडी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री उसेंडी की नियुक्ति से संबंधित आदेश पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने आज जारी किया श्री उसेंडी उन्नीस सौ तिरानवे में पहली बार विधायक चुने गए थे वे रमन सरकार में वन मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं

इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर महिलाओं को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाएं समाज और देश को बदलने की ताकत रखती हैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हैं जहां उनका योगदान न हुआ हो उन्होंने आज वाराणसी में पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हए यह बात कही प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाए जा रहे केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आयुष्मान भारत मातृत्व सुरक्षा योजना और उज्जवला योजना का उल्लेख किया इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मंत्री टीएस सिंहदेव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ट्वीट कर नारी शक्ति के दृढ़ संकल्प और समर्पण को प्रणाम करते हुए सभी महिलाओं को महिला दिवस पर बधाई दी है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने भी ट्वीट कर कहा है कि अँगन से अंतरिक्ष और रसोई से देश की रक्षा तक नारीशक्ति हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना कर नित नए कीर्तिमान रच रही हैं

दुर्ग में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों की हुनरमंद महिलाओं और उनकी संस्थाओं का सम्मान किया कार्यक्रम में प्रशासनिक महिला अधिकारियों स्व सहायता समूहों और पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया इसके साथ ही दुर्ग में महिलाओं ने स्कूटर रैली निकालकर महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से विशेष आयोजन किए गए आज रायपुर से दल्लीराजहरा के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन पूरी तरह महिला कर्मियों ने किया रायपुर स्थित मंडल रेल प्रबंधक के सभागृह में रेल प्रबंधन कौशल किशोर ने महिला कर्मचारियों का सम्मान किया नारी शक्ति पुरस्कार छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका रजनी रजक को आज राष्ट्रीय स्तर पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्होंने यह पुरस्कार आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों ग्रहण किया सुश्री रजक को लोक कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया राष्ट्रपति ने आज महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति प्रस्कार प्रदान किए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में अनवरत सेवा के लिए यह पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए चवालीस महिलाएं और संस्थान चुने गए थे नारी शक्ति पुरस्कार वन स्टॉप सेंटर संस्था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालक बालिका अनुपात में उल्लेखनीय प्रगति करने वाले राज्यों को भी दिया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रजनी रजक को उनकी इस उपलब्धि के लिए श्भकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सुश्री रजक ने अपनी इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है प्रधानमंत्री पुस्तक विमोचन केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ सबका विकास का विमोचन किया इस अवसर पर श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषणों को लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वे जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करते हैं और उन्हें विषय की विस्तृत जानकारी रहती है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी मौजूद थे

इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में गर्भवती और धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है बाईस मार्च तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा इसके तहत पोषण आहार के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रश्नोत्तरी और लोक संगीत कार्यक्रम के साथ फिल्मों और वीडियो का प्रदर्शन भी किया जाएगा इसी कड़ी में आज बालोद के विभिन्न वार्डो में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों की ओर से संयुक्त रूप से पोषण मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों और माताओं को उचित खानपान की जानकारी दी राष्ट्रीय लोक अदालत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला तथा तहसील मुख्यालयों में कल नौ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएंगी इसमें आपसी राजीनामे से निपटने योग्य सिविल आपराधिक मामले मोटर दुर्घटना दावा पारिवारिक वैवाहिक मामले श्रम विवाद विद्युत विवाद आदि के मामलों का निराकरण किया जाएगा लोक अदालत में विवादों के निराकरण के लिए किसी प्रकार का न्याय शुल्क नही लिया जाता है लोक अदालतों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए प्रकरणों का भी निराकरण आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है रायपुर जिला न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत के आयोजन स्थल पर कल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया जाएगा सुब्रत साहू निर्वाचन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आने वाले लोकसभा चुनाव में यह सुनिश्चित करें कि चुनाव डयूटी में लगे सुरक्षा बल पुलिस और होमगार्ड के जवान शत प्रतिशत मतेदान कर सकें आज रायपुर में नोडल अधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साह ने कहा कि दूरस्थ और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात होने वाले सुरक्षा बल के जवानों तक डाक मतपत्र की उपलब्धता और मतदान पश्चात उनके मतपत्र का संग्रहण करना नोडल अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा सुरक्षा जवानों के डाक मतदान पर समन्वय के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण की यह पहल देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में की गई छापामार दल प्रशिक्षण बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों को अनावश्यक तनाव से बचाने और संतोषजनक वातावरण देने के लिए छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण बोर्ड ने छापामार दलों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं इस संबंध में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रभा द्वे ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है उन्होंने लिखा है कि आयोग की जानकारी में यह बात आई है कि बोर्ड परीक्षाओं में छापामार दलों द्वारा नकल की घटनाओं का आकस्मिक निरीक्षण करते समय कभी कभी बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर आचरण नहीं किया जाता है इससे बच्चों में भय और दबाव उत्पन्न हो जाता है